केन्द्र सरकार दिल्ली से मुम्बई तक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली हाइवे शुरू करने पर काम कर रही है

राजस्व मंत्री ने जैसलमेर जिले में हाल के अंधड़ से फसलों को हुये नुकसान का जायजा लिया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

स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं के कड़ाई से पालन में इस समय कोई भी कोताही अब तक की उपलब्धि पर पानी फेर सकती हैं

बीकानेर के जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कल से टीकाकरण के काम में तेजी लाई जायेगी

उधर चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शहरों की अपेक्षा गांवों में चारगुना से भी अधिक कोविड टीके लगाये गये हैं कोविड टीकाकरण के काम में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही चिकित्सा अधिकारी भी जूड़े हए हैं और लोगों से टीकाकरण की अपील कर रहे हैं जयपुर के मनोचिकिसा केन्द्र के अधीक्षक डॉ संजय जैन ने आगामी त्यौहारों के मौके पर लोगों से पूरी सावधानी बरतने और पात्र लोगों से टीके लगवाने की अपील की है

दौसा के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि होली के त्यौहार पर मंदिर में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते यह निर्णय लिया गया है

लोकसभा में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जी पी एस आधारित टोल संग्रह प्रणाली से यातायात के सुचारू संचालन पारदर्शिता और टोल संग्रहण के पुराने तंत्र को हटाने में मदद मिलेगी

इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है

उन्होंने खेतों में जाकर नुकसान को देखा और किसानों से बातचीत की राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए तत्पर है और शीघ ही सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा

उन्होंने प्रभावित गांवों में विशेष गिरदावरी के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिये

श्री खाचरियावास ने कोराना काल की विषम परिस्थितियों को देखते हये केन्द्रीय मंत्री से योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है

कोरोना महामारी के चलते इस बार श्याम बाबा परंपरागत रूप से नगर भ्रमण के लिए नहीं निकले औपचारिक रूप से रथयात्रा मंदिर परिसर के इर्द गिर्द ही निकाली कोरोना संकमण को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पुख्ता प्रबंध किए हैं

मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दो दिनों में मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है